स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक साढे तीन करोड से अधिक लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है जांच पहचान और उपचार रणनीति के तहत यह कार्यकम चलाया जा रहा है मंत्रालय ने ट्वीट र्मे कहा है कि मरीजों का समय से पता लगाने उन्हें शीघ्र आइसोलेशन में रखने और प्रभावी उपचार करने तथा अधिक जांच होने से भी संकमण को फैलने से रोकने में मदद मिल रही है

स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि प्रारम्भिक अध्ययन के पूरे परिणाम अभी नहीं आए हैं और इस बारे में शोध जारी है

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रारूप तैयार करने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉडल सीएचसी में सभी तरह की जांच और इलाज सुविधाएं विकसित करने के लिए विधायक कोष से राशि उपलब्ध कराई जाएगी श्री गहलोत ने कहा कि मॉडल सीएचसी के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक की भी राय ली जाए

जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि इन केन्द्रों को और बेहतर तथा विकसित भी किया जाएगा

जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है इसके साथ ही जिले के जवाई बांध में पानी की आवक हो रही है

इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से नदी नालों और जल बहाव वाले क्षेत्र से दूर रहने को कहा है धौलपुर जिले में चम्बल नदी खतरे के निशान से एक मीटर उपर बह रही है

सवाई माधोपुर जिले में चम्बल नॅदी के किनारे बसे कई गांवों में लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है जिले के झरेल के बालाजी से मध्य प्रदेश के खातोली को जाने वाला मार्ग अवरूद्व हो गया है टोंक जिले के बीसलपुर बांध में भी लगातार पानी की आवक हो रही है